इस मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी सहित चार सैन्यकर्मी शहीद हो गए जिले के पिंगलीना क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए और एक नागरिक की भी मौत हो गई सुरक्षा सूत्रों ने कहा है कि मुठभेड़ स्थल पर तलाशी जारी है क्योंकि रिहायशी इलाके में एक और आतंकवादी के होने की संभावना है

मूल रूप से झुंझनू जिले के टीबा गांव के श्योराम कश्मीर के पुलवामा में राजपूताना राइफल्स में तैनात थे उनके शहीद होने की खबर मिलने के बाद से गांव में सदमे का माहौल है रक्षा प्रवक्ता कर्नल सोम्बित घोष ने आकाशवाणी को बताया कि शहीद की पार्थिव देह आज देर शाम जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेगी जहां से उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्योराम सहित चारों जांबाज सैनिकों की शहादत गहरी संवेदना व्यक्त की है उन्होंने कहा कि श्योराम ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर वीरता की सर्वोच्च मिसाल कायम की है इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के सुरक्षाबलों को आतंकवादियों का सफाया करने में सफलता मिल रही है आज नई दिल्ली में पुलवामा मुठभेड़ पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों का मनोबल बहत ऊंचा है

जयपुर में आज भाजपा के शक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति अपनायी है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद सेना को मजबूत और आधुनिक बनाया गया है उन्होनें कहा कि आजादी के बाद देश में सबसे बड़ा रक्षा बजट मोदी सरकार लेकर आई है

उन्होने कहा कि भाजपा का लक्ष्य सत्ता पाना नहीं बल्कि लोगों की सेवा करना है कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि आगामी चुनाव में पार्टी केंद्र सरकार और राज्य की पिछली भाजपा सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जायेगी

बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर गोस्वामी अच्युतानंद महाराज ने बताया कि पुलवामा हमले के शहीदों के सम्मान में ये फैसला किया गया है

श्री गहलोत ने कहा कि लोगों विशेष कर युवाओं में नशे की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है मौजूदा सरकार ने पहली बार देश में मादक द्रव्यों के सेवन पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया है जिसमें पता चला है कि बडी आबादी इसकी चपेट में हैं श्री गहलोत ने कहा कि कार्ययोजना तय करने में राज्य सरकारों गैर सरकारी संगठनों मादक द्रव्य निषेध केंद्रों तथा अन्य सभी संबद्व पक्षधारकों को शामिल किया जाएगा

श्री दास ने कहा कि यह महत्त्वपूर्ण है कि ब्याज दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहँचे

श्री प्रभू ने आज नयी दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि डाटा की सुरक्षा के लिए आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल करने के साथ साथ उचित नियमन और सुधारात्मक कदम भी उठाये जाएगें कार्यक्रम में सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहाकार प्रो के विजय राघवन ने कहा कि सरकार ने आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस के इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय नीति तय करने के कदम उठाये हैं और संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है

जिले की आहोर तहसील के भाद्राजून क्षेत्र के तरवाड़ा गांव में एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के तीन लोगों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी बाद में इस व्यक्ति ने खुद को फांसी लगा ली

ये हादसा एक गैस टैंकर द्वारा कार को टक्कर मारने से हुआ जयपुर स्थित कत्थक केन्द्र में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक तेज कुमार अजमेरा को भ्रष्टाचारा निरोधक ब्यूरो के दल ने आज आठ हजार रूपए की रिश्वत र्लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया आरोपी ने परिवादी मैकअप आर्टिस्ट से बिलों के भुगतान के कमीशन के रूप में यह राशि ली थी

आज सिरोही में कुछ जगह ब्रंदाबांदी हुई झालावाड़ में सुबह कोहरा छाया रहा दिनभर बादलों की लुकाछिपी और ठंडी हवा के असर से ठंडक का अहसास हुआ सवाईमाधोपुर में भी बादल छाये रहे और ठंडी हवा ने लोगों को परेशान किया जयपुर में भी सुबह से ठंडी हवा चलने से सर्दी का जोर रहा